उन्होंने अधिकारियों से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सही ढंग से कार्यान्वयन पर भी बल दिया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में नई बनी पंचायतों के लिए पंचायत भवन जल्द बनाए जाएंगे उन्होंने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इन भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा उन्होंने कहा कि गांवों के विकास कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन के कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा बैठक शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की समीक्षा पखवाड़े के आधार पर की जाएगी उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से नगर नियोजन विभाग की एक बैठक कल शिमला में बुलाई गई है

जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के बावजूद जिले के विकास में कोई कमी नहीं आई है उन्होंने अटल टनल के खुलने से पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते जिले में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कृतसंकल्प है भाजपा बैठक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने कहा है कि कोरोना संकट काल में भी पार्टी जनसेवा का कार्य कर रही है सोलन में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि कोविड काल की शुरूआत में भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बन पाई थी जबकि आज भारत इसका निर्यात कर रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई देश भर में ऐसी पहली इकाई है जो डिजिटल हो रही है और अब महिला मोर्चा भी इस दिशा में अग्रसर है

ये गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से ही होंगी पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि इस दौरान छोटी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी और इनमें केवल कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी बैठकों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा धुमल सही भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्वि पर थिंता जताई है उन्होंने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकना सरकार के साथ साथ हर नागरिक का कर्तव्य है धूमल ने कहा कि मौजूदा हालात में धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र को रद्द करना सरकार का निर्णय सही है उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में हर पक्ष और राजनीतिक दल के लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है बघाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उनके जन्मदिन की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में उन्होंने उम्मीद जताई कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी